देश भर में कोविड टीकाकरण के लिए कल होगा पूर्वाभ्यास

उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है नव वर्ष

गया पांच दशमलव छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञों की समिति ने इस टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है इसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है टीके के इस्तेमाल को लेकर अब अंतिम फैसला ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया डीसीजीआई को लेना है

देश में कोविड उन्नीस के टीके को लगाए जाने का पूर्वाभ्यास कल से शुरू होगा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 केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के प्रमूख स्वास्थ्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा कुछ राज्यों में सुविधाओं की कमी वाले जिलों में भी यह अभ्यास किया जाएगा बिहार में पटना के साथ साथ बेतिया और जमूई में भी टीके का ड्राई रन होगा इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना तथा इससे जूडे लोगों को प्रशिक्षित करना है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि पूर्वाभ्यास के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं उन्होंने कहा कि इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा किया जायेगा इधर ड्राईरन का आयोजन संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में पूरा होगा जमुई जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजेन्दर सत्यार्थी ने कहा कि टीकाकारण के पूर्वाभ्यास में चरण दर चरण हर प्रक्रिया को देखा जायेगा

बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के अधिकारियों को टीकाकरण की व्यवस्था के लिए जरूरी प्रबंध करने का निर्देश दिया अधिकारियों ने उन्हें बताया कि टीकाकरण की पूरी व्यवस्था हो चूकी है सभी अस्पतालों में इसकी तैयारी पूरी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ड्राई रन एक तरह से टीकाकरण का पूर्वाभ्यास है ताकि शुरू में ही इसमें आने वाली दिक्कतों का पता लगाया जा सके उन्होंने तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया टीकाकरण का प्रवाभ्यास सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कल होगा कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि पूर्वाभ्यास का मकसद कोविड के तहत वास्तविक स्थितियों में टीकाकरण तैयारियों का आकलन करना है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चार सौ तिरसठ नये मामलों की पुष्टि हुई है आज सबसे अधिक दो सौ सैंतीस मामले पटना जिले से सामने आये हैं मुजफ्फरपुर से तेईस कैमूर से बाईस भागलपुर से चौदह जमुई और वैशाली से दस दस नये मामलों की पुष्टि की गयी है प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार सात सौ पैंसठ है वहीं इस महामारी से स्वस्थ होने की दर भी संतानवे दशमलव पांच सात प्रतिशत हो गई है अब तक राज्य में लगभग दो लाख सैंतालीस हजार नवासी मरीज संक्रमण से ठीक हुए देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव शून्य आठ प्रतिशत हो गई है देश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड संक्रमण के तेईस हज़ार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक अंठानवे लाख तिरासी हज़ार से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं इस समय देश में लगभग दो लाख चौवन हज़ार सक्रिय मामले हैं पिछले चौबीस घंटों में कोविड के बीस हज़ार छत्तीस नये मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या एक करोड़ दो लाख से अधिक हो गई है देश में मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में हुई दो सौ छप्पन मौतों को मिलाकर अब तक इस संक्रमण से एक लाख अड़तालीस हजार नौ सौ चौरानवे लोगों की जान जा चुकी है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर तन्मय तालुकदार ने बताया कि कोरोना वायरस का नया रूप बहुत खतरनाक है और महामारी निरंतर फैल रही है उन्होंने लोगों से कहा कि सुरक्षित रहने के लिए सभी सावधानियां बरतें

इसके कारण इंग्लैंड में केसेज बढ़ गए हैं परंतु घबराने की बात अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि इससे इन्फैक्शन तो हो रहा है लेकिन हॉस्पिटल एडमीशन में ज्यादा होना यानी सीवियर बीमारी होना या मृत्यु ज्यादा होना उसका अभी तक कोई संकेत नहीं है हमें बचाव करते रहना है सावधान और सतर्क रहना है उसके ऐक्शन लिए जाने हैं लिए जा रहे हैं हम सब जनता को हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि नियम हमारे लिए अभी भी वही हैं चाहे ये नया स्ट्रेन हो चाहे पुराना स्ट्रेन हो मास्क से तो ये अभी भी बचते हैं हाथ धोने से अभी भी बचाया जा सकता है और अगर हम फिजिकल डिस्टेंस यानी दूरी मेंटेन करें तो इस वायरस से भी उतना ही बच सकते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर टोल प्रभार पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से लेने की अनिवार्यता की समय सीमा पन्द्रह फरवरी तक बढ़ा दी है इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल चार्ज नकद लेने की व्यवस्था आज पहली जनवरी से प्ररी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी फिलहाल फास्टैग से टोल का भुगतान लगभग अस्सी प्रतिशत तक हो रहा है प्राधिकरण को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि पन्द्रह फरवरी से यह भुगतान पूरी तरह फास्टैग से ही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग प्राधिकरण मंत्रालय से आवश्यक विनियामक अनुमति प्राप्त कर सकती है टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भुगतान लिया जाएगा इन लेनों में बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुने टोल का भुगतान करना होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि सबके लिए घर का सपना पूरा किया जायेगा नववर्ष के पहले दिन आज वर्च्रअल माध्यम से देश के छह राज्यों में आवास से संबंधित परियोजनाओं की आधार शिला रखने के बाद श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठा रही है श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ग की इन्हीं जरूरतों को समझते हुए सरकार मकानों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भवन निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया परियोजना शुरू की है इससे विकास के नये मार्ग खुलेंगे और इक्कीसवीं सदी में मकान बनाने के लिए किफायती प्रौद्योगिकी मिलेगी श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत कम समय में लाखों मकान बनाए जा चुके हैं और अनेक मकानों का निर्माण चल रहा है

अपना मालिकी का घर हो सकता है अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को उनकी भावनाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं लाखों घरों के निर्माण का काम जारी भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण क्षेत्र में पिछले वर्षो में किए गए सुधारों से निर्माण की अनुमति के मामले में भारत की रैंकिंग एक सौ पचासी से सताईस होने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि निर्माण संबंधी ऑनलाइन अनुमति की प्रणाली का विस्तार देश के अतिरिक्त दो हजार शहरों तक कर दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि ब्रुनियादी ढांचे निर्माण और आवास क्षेत्र में निवेश से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है केन्द्र सरकार ने रेरा नियमों के माध्यम से रियलटी क्षेत्र की परियोजनाओं में लोगों का भरोसा फिर कायम किया है श्री मोदी ने कहा कि सरकार रीयलिटी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि देश में आवास कर आठ प्रतिशत से कम करके किफायती मकानों पर एक प्रतिशत कर दिया गया है जबकि औसत मकानों पर केवल पांच प्रतिशत है इस अवसर पर केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आशा व्यक्त की कि दो हजार बाईस तक सबके लिए आवास का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही पूरा हो जाएगा

दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाक्र ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह प्ररी से मुलाकात की श्री ठाकुर ने इस दौरान केन्द्रीय मंत्री से दरभंगा एयर पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट में विकसित करने का अनुरोध किया उन्होंने इसके लिए आधारभूत संरचना विकसित करने और यात्री सुविधा में बढ़ोतरी की भी मांग की सांसद ने बताया कि दरभंगा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी उन्होंने कोन्द्रीय मंत्री से बातचीत की पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी हुई है हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है कई स्थानों पर तापमान में औसत से दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि चार जनवरी से राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे

राज्य में पटना भागलपुर गया और पूर्णिया सहित कुछ शहरों में सुबह के समय हल्का से घना कोहरा छाया रहा नये साल को लेकर प्रदेशभर में लोगों में खासा उत्साह देखा गया विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ रही मौसम साफ रहने और धूप खिली रहने के कारण लोगों ने साल के पहले दिन का लुत्फ उठाया जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पिकनिक स्थलों पर चहल पहल देखी गयी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान वाल्मीकिनगर टाईगर रिजर्व राजगीर के घोड़ा कटोरा पांडु पोखर नालंदा विश्वविद्यालय के विश्व विरासत स्थल पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रही बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में भी लोगों ने पूजा अर्चना की वहीं पटना के महावीर मंदिर सहित राज्य के अन्य मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का सुबह से तांता लगा रहा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं

देश भर में कोविड टीकाकरण के लिए कल होगा पूर्वाभ्यास

उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है नव वर्ष

गया पांच दशमलव छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा